सभी पार्टियों के आला नेता जुटा रहे हैं समर्थन

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनावी तैयारियां पूरी हो गई हैं और यदि कुछ कमी है तो उसे जल्द ही दूर कर दिया जायेगा

दोपहर बाद भी श्री रावत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे

भाजपा सरकार ने खेती सिंचाई सहित तमाम क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम किया है उन्होंने कहा कि विकास के मामले में उनके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही राहल गांधी को चूनौती दे सकते हैं वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले के पथरिया पहुंच चुके हैं अब से कुछ देर में सभा को संबोधित करेंगे

प्रदेश की हालत खराब कर दी कांग्रेस समाज के वर्गों को बांटने का काम करती है अजय सिंह विघानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कल रीवा जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार से जनता अब ऊब चुकी है और अब बदलाव चाहती है श्री सिंह ने जिले की विधानसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की शौचालय दिवस आज विश्व शौचालय दिवस है यह वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है

भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सभी राज्यों और जिलों में आज यह दिन जन जागरूकता और प्रेरक गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा

इसमें जिला ब्लॉक और पंचायत स्तर की टीमों स्वच्छाग्रहियों और स्वच्छता चैंपियनों के साथ गतिविधियां आयोजित की जाएंगी निघन वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार पटेल का राजधानी भोपाल में निघन हो गया

दिवंगत नेता श्री पटेल लम्बे समय से बीमार चल रहे थे कल रात नौ बजे उन्होंने मोपाल के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली उनके पार्थिव शरीर को आज दोपहर एयर एम्बूलेंस द्वारा उनके गृहग्राम सीधी जिले के सुपेला ले जाया जा रहा है जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा वे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे थे पूर्व मंत्री इंद्रजीत कमार पटेल के निधन पर समाज के तमाम वर्गों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गई हैं

सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता को बढावा देने तथा सम्प्रदायवाद के विरोध और अहिंसा जैसे मुद्दों पर गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं

इस अवसर पर देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को दूसरे हिस्सों की भाषाई विरासत की जानकारी देने के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा

इसकेअलावा सांस्कृतिक एकता दिवस मनाया जाएगा और विविघता में एकता दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा सप्ताह के अंतिम दिन संरक्षण दिवस के तौर पर कार्यक्रम होंगे कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हम आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आंगनबाडी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को नियमित करेंगे इसके अलावा मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का भी मानदेय बढाया जायेगा श्री कमलनाथ ने अपने ट्वीटर संदेश मे स्वसहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ करने की घोषणा भी की एक अन्य संदेश में उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की बहनो और भानजियों को सुरक्षित माहौल देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है लेकिन भाजपा सुरक्षा पर ठोस उपाय करने की बजाय संकल्पपत्र को ही अपनी उपलब्धि बता रही है

इस अवसर पर तुलसी की पूजा की जा रही है वहीं चार माह से रुके हुए मांगलिक कार्य भी अब शुरु हो गये हैं देवउठनी एकादशी को गन्ना ग्यारस भी कहा जाता है शहर में अनेक स्थानों पर गन्ने बेचे जा रहे हैं हमारे होशंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर भगवान विष्ण और देवी लक्ष्मी की पूजा की जायेगी वहीं गुना में भी देवउठनी ग्यारस के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो गये हैं अन्य जिलों से देवउठनी ग्यारस मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं